मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम ने कहा है कि उसके पास विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मांगों की पूर्ति के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डीवी प्रसाद ने बताया कि इस समय साढ़े नौ करोड़ टन खाद्यान्न का भंडार है जिसमें से साढ़े पांच करोड़ टन गेहूं और चार करोड़ टन चावल है उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में भारतीय खाद्य निगम राज्यों को पांच करोड़ टन खाद्यान्न की आपूर्ति करेगा जिसमें से दो करोड़ टन खाद्यान्न विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए होगा गौरलतब है कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवम्बर तक पांच महीने के लिए बढ़ा दिया है योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है योजना के तहत बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से उत्पादन में वृद्धि हुई है

हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के निर्णय और कोरोना माहमारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से लिखता है अगस्त में यूजी और सितम्बर में होंगी पीजी की परीक्षाएं